मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिस और आबकारी विभाग को अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिये प्रदेश में ऊर्जा विभाग के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की मांगों पर जल्द निर्णय होगा होशंगाबाद में नर्मदा जयंती महोत्सव शुरू कल जबलपुर खंडवा और खरगोन में भी नर्मदा जयंती पर होगी महाआरती मौसम विभाग ने सागर उज्जैन और होशंगाबाद संभाग के जिलो में आज शीतलहर की दी चेतावनी

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्रोत है

केन्द्रीय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने सभी को बिना भेदभाव के ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है उन्होंने कहा कि उज्जवला योजना और शहरों में रसोई गैस की आपूर्ति की व्यवस्था के जरिये लोगों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने में मदद मिली है अवैध शराब बिक्री मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिस और आबकारी विभाग को प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिये है कल छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग भी अवैध शराब की बिक्री में लिप्त हैं ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही कर अवैध शराब की बिक्री पर सख्ती से अंकुश लगाया जाये श्री नाथ ने अवैध शराब की बिक्री के अड्डे खत्म करने और पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिये

विद्युत कर्मचारी प्रदेश में ऊर्जा विभाग के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की माँग पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जायेगा ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने भोपाल में विद्युत कर्मचारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण के लिये नई नीति बनाई जायेगी श्री सिंह ने कहा कि विद्युत कम्पनियों में रिक्त लाइनमेन सहित सभी पदों को भरने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है ऊर्जा मंत्री ने कर्मचारियों से कहा कि वे व्यवस्था को सुधारने में पूरी मुस्तैदी से कार्य करें उन्होंने कहा कि कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होना चाहिये राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा मह के डॉ बीआर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो आशा शुक्ला को आगामी आदेश तक उनके पदीय दायित्वों के साथ उज्जैन के महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति पद का अतिरिक्त कार्य सौंपा है उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो रमेश चन्द्र का कार्यकाल आज समाप्त हो गया है

रीवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि निःशक्त कन्या छात्रावास में चल रहे टीकाकरण अभियान में डॉक्टर अशोक कमार भार्गव शामिल हए जहां उन्होंने नेत्रहीन और दिव्यांग छात्राओं को टीकाकरण कराने के लिये प्रेरित किया

नर्मदा जयंती संस्कृति मंत्री डॉ विजयलक्ष्मी साधौ कल नर्मदा जयंती के अवसर पर खरगौन जिले के मण्डलेश्वर नर्मदा घाट में नदी महोत्सव का शुभारंभ करेंगी

उधर होशंगाबाद में आज से दो दिवसीय नर्मदा जयंती महोत्सव शुरू हुआ इस दौरान सेठानी घांट पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है यहां शाम को महाआरती की जायेगी कल महोत्सव के दूसरे दिन शहर में शोभायात्रा निकाली जायेगी

जबलपुर और डिंडोरी में भी नर्मदा जयंती पारंपरिक श्रद्वाभाव के साथ मनाई जायेगी नरसिंहपुर में भी नर्मदा जयंती के साथ कल ऐतिहासिक बरमान मेले का औपचारिक समापन हो जायेगा

इस दौरान वे न्यायालयीन कार्यों से अलग रहकर विरोध करेंगे जबलपुर में स्टेट बार कौंसिल के अध्यक्ष शिवेन्द्र उपाध्याय और स्टेयरिंग कमेटी के संयोजक आदर्श मुनि त्रिवेदी ने बताया कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया की मुख्य मांगों में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चेम्बर हॉल ई लायब्रेरी अधिवक्ता और उनके परिवारों के लिए इंश्योरेंस सुविधा पेंशन और पांच वर्ष तक स्टायफंड की सुविधा देने की मांग की गई है

राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में तेज धूप की वजह से दिन के तापमान में इजाफा हुआ है हालांकि जबलपुर और चंबल संभागों के जिलों में तथा होशंगाबाद राजगढ गुना और दतिया जिलों में कल शीतल दिन रहा वहीं रीवा उमरिया जबलपुर मजालखंड खजुराहो बैतूल धार खंडवा रतलाम और दतिया जिलों में शीतलहर चली प्रदेश में सबसे कम तापमान बीती रात खजुराहो में चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सर्द हवाओं के कारण जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है

जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है

मौसम विभाग के अनुसार चार दिन बाद फिर मौसम बदल सकता है विभाग ने उज्जैन भोपाल इंदौर होशंगाबाद विदिशा रायसेन सीहोर राजगढ सहित कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है

लोगों का आरोप है कि फिल्म के पोस्टरों में चंबल की नेगेटिव छबी दिखाई जा रही है